इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है श्री मोदी ने देशभर में रोगियों के इलाज में काम आने वाली आक्सीजन की उपलब्धता की आज आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की उन्होंने सप्लाई में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वे ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के विभिन्न तौर तरीकों का पता लगाएं श्री मोदी ने राज्यों को तेजी से ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने राज्यों से ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इसके तेजी से वितरण और अस्पतालों में इसके उपयोग के नये तरीकों का पता लगाने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने और उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में ऑक्सीजन बेड और जरूरी दवाईयों आदि के बेहतर प्रबंधन और व्यवस्था के निर्देश दिए

सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जायेगा

देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण क्मार सिंह ने रांची के सदर अस्पताल में बड़ों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अस्पताल में इलाजरत मरीजों को दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए श्री सिंह आज रांची के खेलगांव स्थित मेगा कोविड केयर सेंटर और सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे इस क्रम में उन्होंने सदर अस्पताल में डॉक्टर्स नर्स दवाइयों और बेड की उपलब्धता के बारे में सिविल सर्जन से विस्तार में जानकारी ली उन्होंने सिविल सर्जन से कहा कि सदर अस्पताल की व्यवस्था को सही तरीके से धरातल पर उतारें अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है निरिक्षण के दौरान एनएचएम के निदेशक रविशंकर शुक्ला रांची के उप विकास आयक्त विशाल सागर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष ग्रप्ता आदि मौजूद थे कोडरमा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया

इसके अलावा यहाँ पर गंभीर मरीजों के लिए तीन वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी की उम्मीद की जानी चाहिए कोर्ट की भी यही इच्छा है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो और आम जनता को परेशान नहीं होना पड़े राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राजधानी रांची समेत सभी जिला मुख्यालयों में आज पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया इस दौरान सम्बंधित जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे अधिकारियों ने आम लोगों से सुरक्षा सप्ताह के दौरान सभी नियमों का पालन करने की अपील की अधिकारियों ने कहा कि कोरोना महामारी इस बार अधिक संक्रामक है इसीलिए आम जनता बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले

इधर हमारे गुमला संवाददाता ने खबर दी है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज जिले के पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन और सीआरपीएफ के समादेष्टा अनिल मिंज के संयुक्त नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने मुख्यालय में घूम कर स्थिति का जायजा लिया इस दौरान जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए या गैरजरूरी कार्यो से शहर में घूमते मिले उन्हें चेतावनी देकर घर वापस भेजा गया वहीं कोडरमा और खूंटी जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिखने लगा है आज पहले दिन आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर जिले की दुकानें बंद रहीं अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानें पाबंदियों के बाद भी खुली मिलीं जिसके बाद दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए देशभर में विशेष रेल सेवाएं चला रहा है

रेल मंत्रालय ने बताया रेलवे मांग के अनुरूप विशेष रेलगाडियां चलाना जारी रखेगा और यात्रियों को बिना किसी असुविधा के यात्रा कराने के पूरे प्रयास करेगा रेलवे ने कहा है कि किसी विशेष मार्ग के लिए अल्प नोटिस पर भी वह विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है गढ़वा जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पहले दिन से ही असरदार रहा जिला प्रशासन की ओर से हर जगह सुरक्षा बर्लो की तैनाती की गयी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आज खेल विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना धोनी के माता पिता रांची के एक निजी अस्पताल में कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाजरत हैं सचिव ने बताया कि दोनों अभी अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं मुख्यमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

वे झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पंचम बैच के अधिकारी थे इधर प्रादेशिक समाचार एकांश के अंशकालिक संवाददाता शाद्वल कमार का भी आज कोरोना से निधन हो गया श्री कमार हजारीबाग में कार्यरत थे वे आकाशवाणी के अलावा विभिन्न मीडिया संस्थानों से भी जुड़े हुए थे देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पट को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि मंदिर क्षेत्र में अधिकारियों और पुलिस जवानों को तैनात किया गया है उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा सभी प्रखंडो में रैपिड एंटीजेन टेस्ट ड्राईव से लोगों की जांच की जा रही है